इस अवसर पर उन्होंने आगामी वित्त वर्ष में विद्यालय के लिए कॉरपश फंड देने का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने विद्यालय के पूर्व छात्रों से इस संस्थान के विकास में योगदान देने को कहा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विमानन उद्योग से कहा है कि वह यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा किसी भी परिवहन सेवा के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए वे आज नई दिल्ली में आर्थिक प्रभाव रिपोर्ट और कॉफी टेबल बुक जारी किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे श्री नायडू ने कहा कि सरकारों नीति निर्माताओं और उद्योगपतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों को हवाई अड्डे पर किसी प्रकार की असुविधा न हों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड़डा ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया श्री नड्डा ने असम में काजीरंगा में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छी पद्धतियों और नवाचार के बारे में पांचवें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन की प्रतिक्षा कर रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों से अपेक्षाओं से बढ़कर काम करने को कहा उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत परियोजना के शुरु होने के एक महीने के भीतर डेढ़ लाख़ लोगों को लाभ मिला है और सरकार ने इस पर एक सौ नब्बे करोड़ रुपये वहन किए हैं इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विभिन्न योजनाओं के सफलतापूर्वक लागू किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पी नड्डा का आभार व्यक्त किया केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि जल्द ही पंद्रह हजार स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनाए जा रहे बेहतर तौर तरीकों और अनुभवों को साझा करना है सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और शिक्षा संस्थान अपनी प्रस्तुतियों के जरिए नवाचार प्रणालियों को साझा करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर डिविजन के दंतेवड़ा जिले में नक्सली हमले में द्रदर्शन समाचार का एक कैमरा मैन और दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए दूरदर्शन समाचार के तीन लोगों की एक टीम आज चुनाव कवरेज के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में गई हुई थी जिला पुलिस बल की एक टीम इनकी सुरक्षा के लिए तैनात थी दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब तीस किलोमीटर दूरनीलवाया के जंगलों में माओवादियों ने घात लगाकार हमला किया पुलिस जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की